सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पहले पचास दिनों में किसानों को पेंशन और न्यूनतम आय गारंटी देने का कार्य किया है हरियाणा पुलिस ने हिसार में तीन जासूसों को गिरफतार किया है जो पाकिस्तान को भातरीय सेना की संवेदनशील सूचनाएं देते थे

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन देना राज्य सरकार की प्राथमिकता का विषय रहा है इस उद्देश्य को लेकर सरकार द्वारा नई व्यवस्थाएं बनाई गई और भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शी शासन प्रदेशवासियों को दिया है मुख्यमंत्री ने यह बात चीफ मिनिस्टर ग्रंड गवर्नेस एसोसिएट्स प्रोग्राम के चौथे बैच को संबोधित करते हुए कही कार्यक्रम में सभी सीएमजीजीए ने ट्रेनिंग के दौरान हुए अपने अपने अनुभव सांझा किए तथा अपनी टीम में काम करने का अवसर प्रदान करने तथा कुशल मार्गदर्शन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने सीएमजीजीए को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को दूर करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है उन्होंने कहा कि पहले सरकारों का ध्यान केवल रोटी कपड़ा और मकान तक ही सीमित होता था लेकिन हमने इन मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ समाज बदलाव के कार्य भी किए

आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है आकाशवाणी के बारे में उन्होंनेकहा कि यह कई वर्षो से एक विश्वसनीय संस्था बना हआ है उन्होंने कहा कि रेडियो की पहुंच देश के हर कोने में हैऔर लोक इसे पसंद करते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि रेडियो को सूचना और मनोरंजन दोनो का माध्यम होना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एफएम स्टेशनों की संख्या बढाने के लिए प्रयासरत और इसमें निजी एफएम भी शामिल होंगे मंत्री ने कहा कि निजी एफएम चैनल आकाशवाणी के समाचार प्रसारित कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि सरकार कुदरत के पंचतत्वों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है

हरियाणा मे आज कई जगह हरियाली तीज का त्यौहार मनाया गया इस मौके पर लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की और एक दूसरे को तीज की बधाई दी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश वासियों को तीज पर्व की बधाई दी

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से घरोंडा शहर में बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उदघाटन किया

उधर सोनीपत में तीज पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकाय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने शिरकत की इस मौके पर उन्होंने तीज की बधाई देते हुए सभी को मिलजुल कर ऐसे पर्व मनाने की अपील की उधर यमुनानगर में भी तीज का तयौहार मनाया गया

हरियाणा पुलिस ने कल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तीन लोगों को हिसार से गिरफ्तार किया पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाईल वीडियो क्लिप तस्वीरें और कुछ वट्स ऐप वोयस मैसेज बरामद किए हैं गिरफ्तार व्यक्ति कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे अपने सरगना को भारतीय सेना से संबंधित संवेदनशील जानकारी देते थे गिरफ्तार किए गए संदिग्धों को सेना छावनी क्षेत्र में नई मैस की इमारत के निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में लगाया गया था वे एक निर्माण कंपनी द्वारा कार्यरत थे गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से दो की पहचान महताब और रागिब के रूप में हुई है जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं वे बारह दिन पहले निर्माण कार्य में शामिल हुए थे और तब से क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे तीसरा संदिग्ध उत्तर प्रदेश के शामली जिले का रहने वाला है

जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक संगठन भी समारोह को भव्य व ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुटे है समारोह स्थल को सुंदर स्वागत द्वारों व कालीन से सजाया जा रहा है और पूरे शहर को साफ सुथरा व रंग बिरंगी लाइटों से चौक चौराहों को सजाया गया है इतने बड़े स्तर पर ग्रू नानक देव जी के प्रकाश पर्व का आयोजन सिरसा में होने पर स्थानीय नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहे है हर कोई बाहर से आने वाले श्रद्वालुओं के स्वागत व सेवा में सहयोग करने के लिए आतुर है यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रद्वालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो शनिवार को दिनभर लोग विशेषकर युवा स्वागत द्वार व मनमोहक टैंट के साथ सेल्फी लेते नजर आए इलैक्ट्रानिक व पिंट मीडिया के लिए बनाया गया मीडिया सेंटर को भी भव्य बनाया गया है

हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों को एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने का स्वभाव बनाना चाहिए उन्होंने कहा कि आपस में ज्ञान और तकनीक सांझा करने से उनका कृषि में विकास होगा श्री धनखड़ लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को अपनी फसल का ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए राजधानी दिल्ली के नजदीक होने का फायदा उठाना चाहिए